मुख्य समाचार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश भर में निशुल्क लगाया जाएगा कोरोना का टीका मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र का कोरोना संकमण रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों का कड़ाई से पालन करने का आहवान ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा मुख्यमंत्री और अधिकारियों व कर्मचारियों में बेहतरीन तालमेल और प्रदेश के जनजातीय व अधिक उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी व निचले क्षेत्रों में वर्षा से पूरा प्रदेश कड़ाके की शीतलहर की चपेट में

केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज नई दिल्ली में पत्रकारों को ये जानकारी देते हुए बताया कि केवल दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को निशुल्क लगाया जाएगा स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से अपील की कि वह टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव के बारे में फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों उन्होंने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आम लोगों में पोलियो टीकाकरण के दौरान भी हिचक देखी गई थी लेकिन बाद में ये अभियान बहत सफल रहा उन्होंने कहा कि आज आयोजित राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास के दौरान वास्तविक टीका लगाए जाने को छोडकर टीकाकरण की बाकि सभी प्रकियाओं का पालन किया गया उन्होंने कहा कि इस पूर्वाभ्यास का उददेश्य वैक्सीन शुरू करने की तैयारियों की जांच करना था प्रदेश में टीकाकरण का पूर्वाभ्यास शिमला में तीन स्थानों पर किया गया

सुरेश भारद्वाज इस बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज शिमला के आईजीएमसी अस्पताल का दौरा किया और कोरोना से संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया उन्होंने कोरोना वार्ड की व्यवस्था को भी जांचा और मरीजों से चिकित्सा तथा अन्य सुविधाओं का फीडबैक लिया भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है कि कोरोना संकमित लोगों को अस्पताल में कोई परेशानी न हो उन्होंने मरीजों को बेवजह न डरने की सलाह दी और कहा कि सरकार हर स्तर पर आम जनता के साथ खड़ी है मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि कोरोना संकमण को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास सजगता और संवेदनशीलता को बनाए रखना अनिवार्य है

उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना संकमण के मामलों में गिरावट आई है इसके बावजूद लोगों को इस बीमारी के प्रति लगातार सतर्क रहना जरूरी है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेशवासियों की सुरक्षा राज्य सरकार की प्राथमिकता है और सरकार ने कोरोना संकमण को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि वैक्सीन उपलब्ध होने के उपरांत की आगामी कार्य योजना तैयार कर ली गई है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज शिमला के मालरोड़ स्थित रिपोर्टिंग रूम के लिए तैयार की गई आगन्तुक पुस्तक में हस्ताक्षर किए और इसमें पहली टिप्पणी दर्ज की जिला पुलिस अधीक्षक मोहित चावला ने राजभवन में राज्यपाल को यह पुस्तक प्रस्तुत की राज्यपाल ने जिला पुलिस की इस पहल की सराहना की और कहा कि पुलिस रिपोर्टिंग रूम आजादी के पहले से ही शिमला आने वाले पर्यटकों को जानकारी प्रदान करने में मददगार रहा है राज्यपाल ने राजभवन में ही आज प्रदेश विश्वविद्यालय की डायरी कैलेंडर का विमोचन भी किया राज्यपाल ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश विश्वविद्यालय उच्चतर शिक्षा का उत्कृष्ट केंद्र बनकर उभरा है बंडारू दत्तात्रेय को बाद में राजभवन में प्रदेश विश्वविद्यालय के प्रोफेसर व लेखक डॉक्टर प्रमोद शर्मा ने अपनी पुस्तक स्टीव जॉब्स भेंट की सुरेश कश्यप प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के हर पैमाने पर अव्वल हैं सुरेश कश्यप ने आज शिमला में कहा कि विश्व स्तर पर हुए विभिन्न सर्वेक्षणों और अध्ययनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अप्रवल रेटिगं दुनिया के सभी बड़े नेताओं से अधिक है उन्होंने कहा कि भारत को एक सुदृढ़ और शिक्षित नेतृत्व मिला है जिसके चलते दुनिया ने भारत का लोहा माना है वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकर और उनके अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच बेहतरीन तालमेल है जिसके परिणाम स्वरूप प्रदेश में चहुंमुखी विकास हो रहा है उन्होंने आज शिमला में एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय प्रत्येक परिस्थिति को संभालने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रहा है कोरोना महामारी से निपटना इसका ताजा उदाहरण है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की उपलब्धियां आज तक की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां है और खास कर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा बार बार सरकार को लेकर नाकामी शब्द का प्रयोग करना गलत है उन्होंने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष केवल जनता में भ्रम फैलाकर अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं मौसम हिमालय क्षेत्र में सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आज सुबह से ही राज्य के जनजातिय और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है जबकि राज्य के कई निचले क्षेत्रों में वर्षा हुई है मौसम में आये इस ताजा बदलाव से पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट मे है लाहौल स्पीति में आज दिन भर रूक रूक हिमपात होता रहा हिमपात के चलते अटल टनल की ओर सोलंग नाला से आगे वाहनों की आवाजाही को रोक दिया गया है और बड़ी सख्यां में पर्यटन वाहनों को आज अटल टनल से ही वापस मनाली भेज दिया गया हमारे कुल्लू संवाददाता आशीष के मुताबिक जिले की ऊंची चोटियों पर सुबह से ही हिमपात हो रहा है उधर चंबा जिला की ऊंची चोटियों पर भी हिमपात का समाचार है जबकि जिले के निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है राजधानी शिमला और आसपास के इलाकों तथा सोलन जिले के कई हिस्सों में भी आज दोपहर बाद हल्की वर्षा हुई है

दिव्यांगता केंद्र सरकार ने सभी सेवारत्त कर्मचारियों को दिव्यांगता क्षतिपूर्ति देने का निर्णय लिया है यदि कोई कर्मचारी सेवा के दौरान दिव्यांगता का शिकार होता है और उसकी सेवाएं दिव्यांगता होने के बाद भी बरकरार रखी जाती है तो उन्हें दिव्यांगता क्षति पूर्ति का लाभ दिया जाएगा केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह ने यह घोषणा की

आर्ट ऑफ लिविंग भारतीय योग संघ की महासचिव और श्री श्री योग की अंतर्राष्ट्रीय निदेशक कमलेश बरवाल ने कहा है कि हर रोज आधा घंटा योग प्राणायाम करने से खूद को बहत सी बीमारियों से आसानी से दूर रखा जा सकता है कमलेश बरवाल आज पत्रकारों से बातचीत कर रही थी

कोरोना से आज शिमला जिले में एक और कोरोना मरीज की मौत हो गई